प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत समय सीमा में बीमा दावों का भुगतान सुनिश्चित करने एग्री इंश्योरेंस पोर्टल फिर से शुरू राज्य की सभी सरकारी इमारतों में दिव्यांगजनों के लिए जल्द ही रैम्प लिफ्ट टॉयलेट पार्किंग सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश और विदेशों में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे स्काई तिहार संचार क्रांति योजना स्काई के तहत प्रदेश में महिलाओं और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्ट फोन बांटने की शुरूआत हो गई है स्मार्ट फोन बांटने के लिए प्रदेशभर में मोबाइल तिहार भी मनोया जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आगामी तीस जुलाई को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में स्मार्ट फोन का वितरण कर इस प्रदेशव्यापी मोबाइल तिहार की शुरूआत करेंगे जिला प्रशासन ने मोबाइल तिहार के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी ने कलेक्टोरेट में अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए कलेक्टर ने बताया कि मोबाइल तिहार के इस आयोजन में सांसद रमेश बैस सहित राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और जनप्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद रहेंगे इनके अलावा मुंबई की फिल्म कलाकार कंगना रनावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत समय सीमा में बीमा दावों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एग्री इंश्योरेंस पोर्टल विकसित किया गया है राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल के सॉफ्टवेयर के उन्नयन के बाद अब पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर उन्नयन के तकनीकी कारणों से पोर्टल के बंद रहने के दौरान यह बात कही जा रही थी कि इसका प्रभाव किसानों की फसल के बीमित न हो पाने के रूप में पड़ेगा अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग तिरपन हजार अऋणी किसानों द्वारा खरीफ मौसम दो हजार अट्ठारह में फसल बीमा के लिए प्रस्ताव बैंकों में जमा कर दिया गया है यदि अऋणी किसान बीमा कराना चाहते हैं तो अपने प्रस्ताव और प्रीमियम की राशि वित्तीय संस्थाओं में इकतीस जुलाई तक जमा करा सकते हैं दिव्यांगजन सुविधाएं प्रदेश की सभी सरकारी इमारतों में दिव्यांगजनों के लिए अब जल्द ही रैम्प लिफ्ट टॉयलेट पार्किंग सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी मुख्य सचिव अजय सिंह ने मंत्रालय में बैठक लेकर निःशक्त व्यक्ति अधिकारउ अधिनिमय दो हजार सोलह का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए मुख्य सचिव ने शासन की विभिन्न योजनाओं में दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने और आवश्यक होने पर योजनाओं के प्रावधानों तथा नियमों में एक माह के भीतर संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने कहा है अगली बैठक में इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा गांधी जयंती केंद्रीय सचिव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती राज्य और देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरिमा के साथ मनाई जाएगी इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव राघवेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और संस्कृति विभाग के सचिवों से चर्चा की गांधी जयंती के कार्यक्रम दो अक्टूबर से शुरू होंगे जो लगातार दो वर्ष तक चलेंगे इस दौरान देशभर के स्कूलों कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी की शिक्षाओं पर आधारित क्विज प्रतियोगिता प्रदर्शनी और पदयात्रा सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे देशभर में गांधी जी की यादों से जुड़े स्थानों पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि प्रदेश में भी गांधी जयंती के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं राज्य की पांच हजार से ज्यादा आबादी वाली एक सौ इकहत्तर ग्राम पंचायतों में गांधी ऑक्सीजोन बनाए जाएंगे जहां पीपल और नीम के पौधे लगाए जाएंगे शहीदी सप्ताह माओवादियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की चौहत्तरवीं बटालियन ने सुकमा जिले में पांच किलो का एक आईईडी बरामद किया है माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह आईईडी पोलमपल्ली इलाके में लगाया था सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी ने इस आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया शहीदी सप्ताह के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने माओवाद प्रभावित इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है वहीं पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी कर दिया है इस बीच कोंडागांव जिले में एक इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इस पर तीन लाख रूपये का इनाम घोषित था यह माओवादी वर्ष दो हजार ग्यारह से कुदरू जनताना सरकार और बयानार एरिया कमेटी के सदस्य के रूप में सक्रिय था और इस पर कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्रप्रदेश के चुकागोया गांव में माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी

इस प्रसारण की यह छियालीसवीं कड़ी होगी आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क से मन की बात का प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनल के साथ आकाशवाणी की वेबसाइट पर भी यह प्रसारण उपलब्ध रहेगा भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज रायपुर स्थित कृशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मौजूदा दौर के लिए तैयार रहने को कहा गया है कार्यकर्ता भी प्ररी तरह तैयार हैं और उनमें उत्साह है मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में च्नावी तैयारी के साथ ही कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई बाल अधिकार संरक्षण प्रशंसा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है नई दिल्ली में श्रीमती गांधी से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों और नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी श्रीमती दुबे ने बताया कि आयोग ने प्रदेश में बाल अधिकारों के प्रति ग्रामीणों और बच्चों को जागरूक करने के लिए बाल चौपाल के आयोजन की शुरूआत की है इसके तहत बच्चों के अधिकारों संबंधी कानूनी प्रावधानों के साथ साथ गुड टच बैड टच और आत्मरक्षा आदि के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न उपाए किए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की निर्वाचन संबंधी जानकारी को पखरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की निगरानी में यह परीक्षा रायपुर बिलासपुर और जगदलपुर में आयोजित की गई उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है इसके लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है साथ ही जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तर की जांच भी की जा रही है आत्महत्या रोकथाम कार्यशाला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर में आत्महत्या की रोकथाम विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में शामिल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने लोगों को परामर्श देने के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू करने स्कूलों में बच्चों की काउंसिलिंग और वालेंटियर समूह के गठन जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए

जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी

प्रदेश कांग्रेस द्वारा आगामी इकतीस जुलाई से दस अगस्त तक प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के शहरी इलाकों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा ओडिशा के पारादीप से कोरबा के गोपालपुर स्थित इंडियन ऑयल के डिपो के लिए बिछाई गई पाईप लाइन में छेद कर बीस हजार लीटर डीजल की चोरी का मामला सामने आया है एनआईसी के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए आगामी एक से बीस अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकते हैं